इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में पत्रकारों को इस योजना की जानकारी दी

श्रमिकों को उनके स्किल के अनुसार काम दिया जाएगा

अब यात्रियों को दोग्ना किराया देना होगा यह बढ़ा हुआ किराया कोविड एक्ट प्रभावी रहने तक मान्य होगा शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी

इसके अंतर्गत अब छोटे प्रल पेयजल लाइन चेक डैम स्कूल भवन सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी किये जा सकेंगे शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के जीएसटी के संशोधन को भी स्वीकार कर लिया है सरकार ने नर्स भर्ती नियमावली को भी मंजूरी दे दी है

म्ख्य सचिव ने बैंकर्स और अधिकारियों को म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर फोकस करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ पहंचाने के निर्देश दिये

टिहरी में स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक डाक्टर में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि हई है डॉक्टर को मुनिकीरेती क्षेत्र में कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए बतौर सर्विलांस अधिकारी तैनात किया गया था

वहीं कलक्ट्रेट परिसर को भी सैनिटाइज किया गया है

बताया कि डाक्टर में संपर्क में आए छह अधिकारियों को हाई रिस्क पर रखा गया है उन्हें भी क्वारंटीन किया जा रहा है राज्यपाल दून अस्पताल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया इस दौरान वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आईसीयू में भर्ती कोरोना मरीजों से बात की और उनका हालचाल जाना राज्यपाल ने मरीजों की देखभाल कर रहे कोरोना योद्धाओं का मनोबल भी बढ़ाया इस दौरान राज्यपाल ने अस्पताल में साफ सफाई करवाने का आदेश दिया है उन्होंने एक निजी विश्वविद्यालय में बनाये गए क्वारंटीन सेंटर का भी दौरा किया

उन्होंने महिलाओं के लिए स्वरोजगार के प्रयासों और घरेलू हिंसा के मामलों पर वार्ता की राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूहों और एकल महिलाओं के लिए होप पोर्टल के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने को कहा

इसके तहत आज से घर घर जाकर सर्वे का कार्य श्रू कर दिया गया है सर्वे के लिए आशा और आंनगबाड़ी वर्कर को प्रशिक्षण देकर उनकी टीम गठित की गई है इन टीमों ने हरिद्वार के ज्वालाप्र जगजीतप्र और रूड़की लक्सर तहसीलों में सर्वेक्षण का कार्य श्रू कर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक किया इस अभियान के तहत हर घर जाकर बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं बच्चों और बीमार लोगों का ब्योरा इकट्ठा कर डाटा तैयार किया जाएगा और उन पर निगरानी रखी जाएगी अगर कोई बीमार हुआ तो उसका उचित इलाज करवाया जाएगा

आज वित्त सचिव अमित सिंह नेगी इसका शासनादेश जारी किया

एनएचएम मिशन निदेशक य्गल किशोर पंत ने यह जानकारी दी योग सप्ताह प्रदेशभर में योग दिवस के आयोजन की तैयारियां की जा रही है

हर रोज सोशल मीडिया के माध्यम से आयोजित इस योग सप्ताह में आय्ष मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर योग प्रशिक्षक योगाभ्यास करा रहे हैं जिला स्वान केंद्र में आयोजित योग शिविर के माध्यम से कोराना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को योग के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों को योगाभ्यास से जोड़ा जा रहा है

योग दिवस रुद्वप्रयाग रुद्रप्रयाग जिले में विश्व योग दिवस के अवसर पर लोग अपने घरों में ही योग करेंगे जिलाधिकारी वंदना ने जिले के लोगों सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घर पर ही योग करने की अपील की है जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉ राजीव वर्मा ने बताया कि इस वर्ष लोग अपने घर के आंगन और छत पर सभी नियमों का पालन करते हए योग करें